जबलपुर के शहीद जवान अश्विनी काछी की पार्थिव देह आज उनके पैतृक गॉव लाई जायेगी शहीद के परिवार को सांत्वना देने जायेंगे मुख्यमंत्री

सर्वदलीय बैठक केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा बुलाई गई इस बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है इस बैठक में राजनीतिक दलों को आतंकी हमले और सरकार द्वारा उसके बाद उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक में सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला लिया गया था इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि हमले के बारे में राजनीतिक दलों को अवगत कराने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी ताकि इस मुद्दे पर राष्ट्र एक स्वर में अपनी बात कह सके पुलवामा निंदा अमरीका ने कहा है कि वह भारत की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है और आतंकवाद के मुकाबले में उसे हर प्रकार का सहयोग देने को तैयार है अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बॉल्टन ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ टेलिफोन पर बातचीत में कहा कि उनका देश पाकिस्तान को साफतौर पर बता चुका है कि वह अपनी धरती से आतंकी पनाहगाहों को मदद देना बंद करें श्री बॉल्टन ने पुलवामा आतंकी हमले पर संवेदना व्यक्त की इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति की प्रवक्ता के अलावा विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि वह सभी आतंकी संगठनों को मदद और सुरक्षित शरण देना तुरन्त बंद करें शहीद शव पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को कल नई दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर श्रद्वांजलि दी गई कल शाम जम्मू कश्मीर से सीआरपीएफ कर्मियों को शवों को नई दिल्ली लाया गया गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों के पार्थिव शरीर को प्राप्त किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के पार्थिव शरीर पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्दांजलि अर्पित की

इससे पहले प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पुलवामा में हुए हमले जैसी हरकतों से भारत कभी कमजोर नहीं होगा श्री मोदी ने कहा कि हमले के लिए जिर्म्मेदार लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को कोई भी कार्यवाही करने की पूरी छूट दी गई है पुलवामा शहीद जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हए जबलपुर जिले के जवान अश्विनी काछी की पार्थिव देह आज उनके पैतृक गॉव लाई जायेगी

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शहीद अश्विनी काछी की शहादत को नमन करते हये कहा कि द्ख की इस घड़ी में पूरा प्रदेश शहीद परिवार के साथ है उन्होंने राज्य सरकार की ओर से शहीद के परिवार को एक करोड़ रूपये एक आवास और परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की घोषणा की

प्रदेश के गठन के बाद पहली बार जबलपुर में यह बैठक हो रही है

हालांकि नई या बड़ी घोषणाओं की संभावना कम ही है लेकिन बिना खर्चे वाली और बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाली कुछ घोषणाएं हो सकती है इसके अलावा कैबिनेट में तीसरा अनुपूरक बजट का प्रस्ताव भी आएगा

कैबिनेट बैठक में पोषण आहार व्यवस्था को एक साल के लिए आगे बढ़ाने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा पिछली सरकार ने पोषण आहार वितरण के लिए नई व्यवस्था तैयार करने का फैसला किया था बैठक को लेकर जबलपुर के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है शहर में होने जा रही मंत्रिपरिषद की बैठक को वित्तमंत्री तरूण भानोट और सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया ने महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक से न केवल शहर बल्कि पूरे महाकौशल क्षेत्र के विकास के द्वार खूलेंगे राजस्व अदालत प्रदेश में आज राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया गया है राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए सभी राजस्व न्यायालयों में यह लोक अदालत लगायी जाएगी इनमें सभी कार्यपालक दंडाधिकारियों द्वारा अविवादित नामांतरण और बँटवारा सीमांकन व्यपवर्तन नक्श बटांकन आरआरसी वसूली ऋण प्रस्तिकाओं का वितरण भूमि बंधक दर्ज करना भूमि बंधन निर्मुक्ति शोध क्षमता प्रमाण पत्र दंड प्रक्रिया के प्रावधानों के तहत कार्रवाई के साथ ही नजूल प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा राजस्व लोक अदालतों में प्रकरणों में पारित आदेशों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के साथ नकल प्रदान करने की कार्यवाही भी होगी निवेश अलीबाबा और अमेजान जैसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियाँ प्रदेश में निवेश करना चाहती हैं नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्वन सिंह ने यह बात ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन बीडीएचसी के प्रतिनिधियों से भेंट के दौरान कही श्री सिंह ने कहा कि हमारा पहला लक्ष्य रोजगार के अवसर पैदा करना है जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिले उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं श्री सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का इदय स्थल है मध्यप्रदेश में काम करने की असीम संभावनाएँ हैं उन्होंने नगरीय निकायों में संचालित योजनाओं के बारे में भी बताया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कमल नाथ ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे हमेशा अपनी वर्दी का सम्मान करें और आलोचनाओं की चिंता नहीं करें

अंशकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं